इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि किसी भी तरह की कोताही न बरतें

स्रक्षित रहें और इन आसान उ ायों का ालन करें मास्क हनें दो गज दूरी है जरूरी स्रक्षित दूरी बनाये रखें हाथ और मुंह साफ रखें जीएसटी छूट कोरोना महामारी को देखते हुए सरकार ने जीएसटी कानून के अंतर्गत करदाताओं को कई रियायतें दी हैं

प्रदेश कोरोना राज्य सरकार ने प्रदेश में सभी अधिमान्यता प्राप्त शत्रकारों को फ्रंट लाइन वर्कर घोषित कर दिया है

योजना का लाभ नवीन इकाइयों र्व से संचालित इकाइयों मेडिकल कॉलेजों अस् तालों और नर्सिंग होम को भी मिल सकेगा

इकाईयों को प्रचलित विद्युत टेरिफ ेर एक रूधये प्रति यूनिट की छूट भी दी जायेगी

राहल सिंह ने अ नी हार के लिए भाज में भीतरघात को जिम्मेदार ठहराया है वहीं अजय टंडन ने अ नी जीत का श्रेय आम मतदाता और अ नी ार्टी को दिया है

इस वर्ष के विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस का विषय है सूचना से जनकल्याण जो जनहित कार्यों में सूचना के महत्व को दर्शाता है रेल संक्रमण बचाव भो ाल रेल मंडल रेल यात्रियों के साथ साथ अ ने रेलकर्मियों को कोविड संक्रमण से बचाने एवं संक्रमण की रोकथाम के लिए कई उपाय किए जा रहे हैं इसके लिए मण्डल के सभी रनिंग रूमों गार्ड केबिन लोको शयलटों के लिए इंजन के केबिन सभी क्रू चेंजिंग स्थलों को नियमित रू से सैनिटाइज किया जा रहा है संक्रमण की रोकथाम करने के उद्देश्य से केवल जरूरत के स्टाफ को ही डूयूटी ार बुलाया जा रहा है